श्री मोदी ने कहा विश्व असाधारण चुनौतियों से जूझ रहा है और इसका समाधान भगवान बुद्ध के आदर्शों से प्राप्त किया जा सकता है साहेबगंज के शहीद सीआरपीएफ जवान क्लदीप उरांव का राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार श्रीनगर के मालबाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में हुए थे शहीद राज्य में आज कोरोना से तीन मरीजों की मौत मृतकों में साहेबगंज खूंटी और जमषेदपुर से एक एक मरीज शामिल केन्द्र सरकार ने कोविड महामारी के कारण मेडिकल और इंजीनियरिंग की राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई को स्थगित करते हुए नई तारीखों की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भगवान बुद्ध की दी हुई षिक्षाओं से जुड़े रहने का आहवान करते हुए कहा कि विश्व इस समय असाधारण चुर्नीतियों से जूझ रहा है और इनके अंतिम समाधान केवल भगवान बुद्ध के आदर्शों से ही प्राप्त हो सकते हैं आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर धम्म चक्र दिवस समारोह को आज सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बुद्ध की शिक्षाएं अतीत में प्रासंगिक थीं वर्तमान में प्रासंगिक हैं और भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगी होनहार युवा वैश्विक समस्याओं का समाधान तलाश रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार महात्मा बुद्ध से संबंधित ऐतिहासिक स्थलों को जोडने पर ध्यान दे रही है इससे श्रद्वालु और पर्यटक इस क्षेत्र में आ सकेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत को इस बात का गर्व है कि यहां बौद्ध धर्म का उदय हआ और लोगों ने बौद्व धर्म को सच्चाई की नई अभिव्यक्ति के रूप में देखा आषाढ़ पूर्णिमा पर धम्म चक्र दिवस समारोहों का आज राष्ट्रपति भवन से उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति ने कहा कि आषाढ़ पूर्णिमा की परम्परा करीब ढाई हजार वर्ष पहले शुरू हुई जब पहली बार महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ

शहीद सीआरपीएफ जवान क्लदीप उरांव का पार्थिव शरीर आज साहेबगंज स्थित उनके पैतुक निवास लाया गया जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया शहीद कुलदीप उरांव का पार्थिव शरीर घर पहुंचने के बाद काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई सभी ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी

रामगढ़ के उपायुक्त संदीप सिंह ने आज गोला प्रखंड के सरागडीह एवं नावाडीह पंचायत में मनरेगा के तहत चल रही योजनाओं का जायजा लिया निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को मनरेगा के तहत चल रहे योजनाओं से ज्यादा से ज्यादा प्रवासी मजदूरों एवं अन्य जरूरतमंद लोगों को जोड़ते हुए रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया आम बागवानी योजना के निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने गड्ढा खुदाई एवं फेंसिंग कार्य का निरीक्षण करते हुए समय कार्य समाप्त करने का निर्देश दिया मनरेगा के तहत हो रहे कार्यों में सभी स्थलों पर जल्द से जल्द बोर्ड लगाने का निर्देश दिया निरीक्षण के दौरान मजदूरों से बात करते हुए उपायुक्त ने उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों और सरकार द्वारा उन्हें उपलब्ध कराए जा रहे विभिन्न तरह के लाभों पर भी चर्चा की उपायुक्त ने सभी योजनाओं के प्रति होने वाले कार्य के लिए बनाए गए मास्टर रोल और उसमें अंकित सभी मजदूरों के नामों का भी निरीक्षण किया हजारीबाग जिले में मनरेगा योजना ग्रामीणों को रोजगार के साथ अपने गांवों को सुन्दर बनाने का भी अवसर दे रही है इससे जलसंरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है सदर प्रखण्ड की र्मेरू पंचायत में हरित ग्राम योजना के तहत आम बागवानी में दो दर्जन मजदूरों को रोजगार मिला है

राज्य में आज कोरोना से तीन मरीजों की मौत हो गई मृतकों में साहेबगंज खूंटी और जमषेदपुर के एक एक मरीज शामिल हैं जमषेदपुर के मरीज की मौत ंटीएमएच में जबकि खूंटी और साहेबगंज के मरीजों की मौत रिम्स के कोविड वार्ड में हुई इस प्रकार राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर अट्ठारह हो गई है तीनों ही जिलों में कोरोना से यह पहली मौत है पिछले चौबीस घंटों को दौरान एकहत्तर नये कोरोना के मरीज मिले हैं नये मरीजों के मिलने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की कृल संख्या बढ़कर दो हजार सात सौ सात हो गई जबकि दो हजार बाईस कोरोना संक्रमित स्वस्थ्य होकर घर लौट गये हैं राज्य में अभी संक्रमित मामले छह सौ सरसठ है इधर पष्विमी सिंहभूम जिले में जिला खन्न कार्यालय के एक कर्मी की कोविड नाईटिन की रिपोर्ट पोजिटिव आने के बाद शहर में दो कंटेनमेंट जोन बनाये गये हैं

चतरा जिले के उपायुक्त जितेन्द्र कुमार सिंह के निर्देष पर आज जिले के विभिन्न प्रखण्डों में तैनात पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों जिला तथा प्रखंड प्रशासन के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों का कोरोना जांच कराया जा रहा है जांच की शुरुआत जिले के इटखोरी प्रखंड मुख्यालय से हई इसके बाद जिले के अन्य प्रखंडों में अभियान चलाकर सैंपल लिया जाएगा

किर्गिस्तान से हजारीबाग लौटे दो मेडिकल छात्रों सहित चार लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं इन सभी को इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है गौरतलब है कि किर्गिस्तान से वापस आए दोनों छात्रों को क्वारेंटीन में रखा गया था जबकि अन्य दो हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे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

इस अवसर पर कोरोनाकाल में स्वच्छता पर ध्यान देने और साफ सफाई से जुड़े दिषा निर्देष किषोरियों को दिये गये इस अवसर पर किषोरियों के बीच साबून मास्क और सैनेट्रीपैड का भी वितरण किया गया केन्द्र सरकार ने कोविड महामारी के कारण मेडिकल और इंजीनियरिंग की राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई को स्थगित करते हुए नई तारीखों की घोषणा की है मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा की ग्णवत्ता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है जेईई मेन परीक्षा एक सितंबर से छह सितंबर के बीच आयोजित की जायेगी जबकि नीट की परीक्षा का आयोजन तेरह सितंबर को सुनिश्चित किया गया है वहीं सताईस सितंबर को जेईई एडवांस की परीक्षा आयोजित की जाएगी आकाषवाणी द्वारा संस्कृत भाषा में सप्ताहिक समाचार पत्रिका संस्कृत सप्ताहिकी के प्रथम अंक का आज सुबह सात बजकर देस मिनट पर प्रसारण किया गया संस्कृत भाषा में बीस मिनट के इस प्रसारण को आकाषवाणी के एफएमन्यूज चैनल पर सुना गया इसका पुनः प्रसारण रविवार को भी किया जाएगा संस्कृत सप्ताहिकी में मानव मूल्य साहित्य दर्षन इतिहास कला और संस्कृति से संबंधित जानकारियां भी शामिल की गई है एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत इसका प्रसारण किया जा रहा है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है पिछले कृछ दिनों से पेट्रोल डीजल के मूल्य में जो बढ़ोत्तरी हुई है उसके कारण आम लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में बढ़ोत्तरी से महंगाई बढ़ेगी और आम जनता पर बोझ भी बढ़ेगा श्री साहू आज लोहरदगा समहारणालय के समक्ष आयोजित धरना प्रदर्षन को सम्बोधित कर रहे थे कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए स्थानीय विधायक और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेष्वर उरांव ने कहा कि देष की जीवन रेखा कहे जाने वाले रेलवे के बाद अब कोयला क्षेत्र को भी सरकार ने निजी क्षेत्र में देने का फैसला किया है जिसका सीधा असर देष के राजस्व पर पड़ेगा कोडरमा के उपायुक्त रमेष घोलप ने कहा है कि जिला प्रषासन द्वारा चलाये गये विषेष अभियान के तहत बीस हजार से ज्यादा लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर किए हैं और अब इसका लाभ गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा उन्होंने कहा कि जिले में बीस हजार नए योग्य और जरूरतमंद लोगों के नाम राशन कार्ड में जोड़े जाएंगे